अब समाचार विस्तार से सीएम हरिद्वार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए जाने वाली दशनामी छड़ी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर छड़ी यात्रा को रवाना किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सालों से यह यात्रा किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी

उन्होंने बताया कि छड़ी पहले बागेश्वर मंदिर में रखी हुई थी जिसको हरिद्वार लाया गया और माया देवी मंदिर से चार धाम यात्रा के लिए रवाना किया गया है उन्होंने कहा कि इस छड़ी यात्रा के माध्यम से प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोग भी निशुल्क चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेला नियत्रंण भवन में महाकृभ के कार्यो की प्रगति की समीक्षा की

पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की तैयारियां चल रही हैं इसी कड़ी में रूद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकास खण्ड के कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास कराया गया और जरूरी जानकारियां दी गयी इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में मतदान कर्मियों की अहम भूमिका है इसके लिए आचार संहिता का कडाई से पालन करना होगा वहीं चमोली में कर्णप्रयाग पोखरी और गैरसैंण में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव संपन्न कराने के बाद सभी पोलिंग पार्टियों की सुरक्षित वापसी हो गई है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में मतदान सामग्री को ब्लॉक मुख्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है

इसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों ने अधिक मतदान किया शिखर वार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता सम्पन्न हो गई है वार्ता सकारात्मक माहौल में हुई और सार्थक रही दोनों नेताओं ने तमिलनाडु के मामल्लपुरम में आज दूसरे दिन भी अनौपचारिक वार्ता की उन्होंने होटल ताज फिशरमैन्स कोव में लगभग एक घंटे तक अकेले में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की इसके बाद दोनों के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वुहान शिखर बैठक से दोनों देशों के संबंधों में नई गति आई और विश्वास पैदा हुआ है अनौपचारिक वार्ता सम्पन्न होने के बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध स्थापित करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया और फैसला किया गया कि इनके बीच संपर्क बढ़ना चाहिए अमित शाह गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है जिससे लोगों को सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े क्योंकि सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगी उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग से लोगों तक सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है

उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ है उन्होंने कहा कि भारत ने सूचना तंत्र को पूरी तरह मजबूत बनाने में सफलता पाई है विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को राष्ट्रीय स्तर की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति का सदस्य नामित किया गया है श्री अग्रवाल को दूसरी बार इस समिति का सदस्य बनने का गौरव हासिल हुआ है पीठासीन अधिकारीयों की यह समिति विधायिका के कामकाज में संचार और सुचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करती है और आगे बढ़ने का सुझाव देती है आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के सभापति ओम बिड़ला द्वारा देशभर के पीठासीन अधिकारियों की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया है समिति में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष को बतौर सदस्य नामित किया गया है

देहरादून में इस मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दो दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए पेंटिंग्स के जरिये लोगों को जागरुक किया जा रहा है

आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र के अधिशासी निदेशक डॉ पीयूष रौतेला ने कहा कि इस आयोजन का मकसद लोगों में आपदा के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जागरुकता लाना है सहकारी मेला दिल्ली नई दिल्ली के प्रगति मैदान में तीन दिवसीय भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला चल रहा है इसमें उत्तराखण्ड के सहकारी विभाग के भी स्टॉल लगाए गए हैं इस मौके पर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सहकारिता में ग्रामीणों का अहम योगदान है निर्यात अधिक होने पर सहकारिता की रीढ़ मजबूत होगी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों की हर संभव मदद के लिए केन्द्रीय सरकार सहयोग के लिए तैयार हैं मेले में पहुंचे प्रदेश के सहकारिता उच्च शिक्षा दुग्ध विकास राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रगति मैदान में हर वर्ष कई मेले लगते हैं लेकिन पहली बार केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की पहल पर ऐतिहासिक सहकारी मेले का आयोजन किया गया है उन्होंने कहा कि इस मेले में लोगों को किसानों के हाथों से बने उत्पाद मिलेंगे

गंगा आमंत्रण गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए देवप्रयाग से शुरू हुआ गंगा से गंगा सागर तक राफ्टिंग अभियान हरिद्वार पहुंचा यहां चंडी घाट में गंगा आमंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके जरिए जल शक्ति मंत्रालय की टीम ने लोगों को गंगा की स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने टीम को गंगा सागर के लिए रवाना किया टीम के मुख्य सदस्य कमान्डर परमवीर सिंह ने कहा कि सेना वायु सेना एनडीआरएफ और आईआईआर की टीम भी इस मुहिम में शामिल हो रही है गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के संदेश के साथ यह रैली आगे बढ़ रही है उन्होंने कहा कि नमामि गंगे अभियान के बाद लोगों में जागरूकता आयी है और गंगा जल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है डीएम चेतावनी नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने चिकित्सा संस्थानों और बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ी नैदानिक संस्थाओं को बायो मेडिकल वेस्ट के मानकों के अनुरूप निस्तारण में लापरवाही करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है

जिलाधिकारी ने बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए परगना स्तरीय समिति गठित की है समिति के अधिकारी समय समय पर औचक निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी

राजधानी में साहित्य के सितारों का जमावड़ा लगा है यहां साहित्य और सिनेमा पर चर्चा हो रही है तीन दिन के इस आयोजन में देश के कई बड़े साहित्यकार कलाकार और सिनेमा से जुड़ी हस्तियां शामिल हो रहीं हैं पाठकों के हाथ में कई नई किताबें आ गई हैं शुक्रवार को पदम भूषण रस्किन बॉन्ड और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महोत्सव का शुभारंभ किया श्री राठौर ने कहा कि चर्चाएं और चिंतन हमेशा चलते रहने चाहिए कल तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी और युवा पहुंच रहे हैं जागेश्वर महोत्सव अल्मोड़ा में प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में तीन दिवसीय जागेश्वर महोत्सव का आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ श्भारम्भ हो गया इस अवसर पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है उन्होंने कहा कि जागेश्वर महोत्सव को योगा और अध्यात्म की थीम पर आयोजित किया जा रहा है महोत्सव के पहले दिन नैननाथ रावल ने अपनी न्योली गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया सांस्कृतिक संस्थाओं और स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किये इसके अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आये योग साधकों ने योगा का प्रदर्शन किया ट्टैकिंग अभियान उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षत्रों में सेना द्वारा ट्रैकिंग अभियान चलाया जा रहा है

यह अभियान दल आज टिहरी के घनसाली पहुंचा